प्रचार चरम पर

स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है इस चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा

विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्लग पीएम पर फिल्म सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म को पूरा देखकर देशभर में शुक्रवार को इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में फैसला ले

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले बुधवार को इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था आयोग का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व को उभारने वाली फिल्म को इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए स्लग उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कथित घृणा वाले भाषणों का संज्ञान लिया है न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि इन दोनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है आयोग के वकील ने न्यायालय को बताया कि आयोग ने दोनों राजनेताओं को इस बारे में नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना था कि वह निर्वाचन आयोग के इस तर्क पर विचार करेगी कि उसके पास चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिज्ञों के घृणा वाले भाषणों से निपटने के सीमित कानूनी अधिकार हैं न्यायालय ने इस बारे में आयोग के प्रतिनिधि को कल पेश होने को कहा है

आयोग ने दोनों नेताओं के खिलाफ अलग अलग आदेश जारी कर दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिकता से जुड़े बयान देने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुये यह कार्रवाई की है गौरतलब है कि मायावती को उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से एक पार्टी को वोट नहीं देने की अपील करने पर आयोग ने चुनाव आचार संहिता का दोषी पाया वहीं योगी आदित्यनाथ को मेरठ में एक जनसभा में अली और बजरंग बली से जुड़े विवादित बयान देने के कारण आचार संहिता का दोषी करार देते हुये भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने की चेतावनी जारी की थी

चार धाम यात्रा समिति के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगांई ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समिति ने तैयारी शुरु कर दी हैं उन्होंने बताया कि चुनाव के कारण यात्रा की तैयारियों में विलंब हुआ है हालांकि अधिकारियों के साथ ही मंदिर समितियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिये गए हैं

इस मौके पर सेना के गरूड़ डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मनोज कुमार कटियार भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक कैंटीन का भी उद्घाटन करेंगे इसका लाभ चौखुटिया भिकियासैंण सल्ट स्यालदे द्वाराहाट और गैरसैंण ब्लॉक में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिलेगा इस कार्यक्रम में छह दिव्यांग सैनिकों को मोबिलिटी उपकरण प्रदान किये जाएंगे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बैंक और कई अन्य संस्थान अपने स्टॉल लगाएंगे रैली स्थल पर एक चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा जहां जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां आखिरी छोर पर खड़े पीड़ित गरीब किसान मजदूर और महिलाओं को बराबरी का हक और सम्मान मिले राज्यपाल ने बाबा साहेब के सिद्वातों पर चलने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि दूरदर्शी अंबेडकर ने शिक्षा को प्राथमिकता दी क्योंकि वह जानते थे कि शिक्षा के बिना न तो दलितों को स्वतंत्रता मिलेगी और न ही सामाजिक बुराईयों से मुक्ति राज्यपाल ने कहा कि हमें आत्मचिंतन करना है कि अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग सामाजिक न्याय से वंचित लोगों के लिए कैसे किया जा सकता है यह चिंतन ही बाबा साहेब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्वांजलि होगी इस मौके पर बुद्धपूजा और सांस्कृ तिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया

आज मेले का दूसरा दिन है नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र में लगने वाला चैतोला मेले का इतिहास महाभारतकाल से जुड़ा हुआ है बताया जाता है कि यहां स्थित चमू देवता के मंदिर का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था मंदिर के अन्दर शिवलिंग और दीवारों पर विराजमान पांडव कालीन मूर्तियां इसका प्रमाण हैं मान्यता है कि उस समय शक्तिशाली दैत्य बकासुर ने क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ था जिससे परेशान एक वृद्व महिला ने चमू देवता से दैत्य से रक्षा करने की गुहार लगाई थी भक्त की पुकार सुनकर चमू देवता ने बकासुर का वध कर क्षेत्रवासियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी तब से यहां हर साल लोग चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन करते आ रहे हैं स्लग आग उत्तरकाशी जिले के बड़कोट बाजार में आज रजाई गद्दों की एक दुकान में आग लग गई आग तेजी से आसपास की दस दुकानों में भी फैल गई इस आगजनी से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नही चल पाया है सूचना मिलने पर पुलिस ने अग्निशामक से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब आग नहीं बुझी तो दमकल की मदद लेनी पड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अन्य दुकानों को खाली करा दिया था

उन्हें ऋषभ पंत पर तरजीह दी गई है इसके साथ ही विजय शंकर के एल राहुल और रविंद्र जडेजा भी भारत की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे टीम में पंत के न चूने जाने से कई लोग हैरान हैं क्योंकि आईपीएल में उनका अब तक का प्रदर्शन दिनेश कार्तिक से बेहतर है सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष एम एस के प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि दिनेश कार्तिक की बेहतर विकेटकीपिंग के कारण ऋषभ पंत टीम में जगह नहीं बना सके टीम के सदस्यों में कप्तान विराट कोहली रोहित शर्मा शिखर धवन केएल राहुल विजय शंकर महेंद्र सिंह धोनी केदार जाधव दिनेश कार्तिक युजवेंद्र चहल कलदीप यादव भुवनेश्वर कमार जसप्रीत बुमराह हार्दिक पंड्या रविंद्र जडेजा मोहम्मद शमी शामिल हैं

उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश के लगभग सौ प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उन्होने प्रतिभागियों के आवास भोजन चिकित्सा सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को अपने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये

क्षेत्र के गुरना पोलिंग ओलिंग और रैंथल गांवों में बीते एक सप्ताह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है लोगों का कहना है कि शाम होने से पहले ही गुलदार गांवों के पास पहुंच जाता है